बस संचालन प्रदेश में आज से पूरी क्षमता के साथ यात्री बसों का संचालन होगा

गौरतलब है कि बस संचालकों की मांग थी कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक लॉकडाउन के समय का टैक्स माफ किया जाए साथ ही पूरी क्षमता से बसों को चलाने की अनुमति दी जाए सरकार ने एक मांग मान ली है वहीं अब टैक्स माफ करने पर भी जल्द निर्णय हो सकता है

ये बात सांसद षंकर लालवानी ने कल जिला जल एवं स्वच्छता मिषन की बैठक के दौरान कहीं

बैठक में जिले में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए तालाबों का गहरीकरण नए तालाबों का निर्माण और नदियों पर बंधन बांध बनाने की कार्ययोजना पर भी विचार किया गया दमोह जिला अस्पताल जिलों के चिकित्सा संस्थानों के लेबर रूम एवं मैटरनिटी ओटी सुद्रदिकरण के लिए चलाई जा रही राष्ट्रीय स्तरीय लक्ष्य मुल्यांकन में दमोह जिला अस्पताल ने राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है इसकी नीति आयोग द्वारा प्रशंसा की गई है साथ ही इस संबंध में किये गये ट्वीट को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा पसन्द किया गया है

जिला चिकित्सालय की सिविल सर्जन डॉ ममता तिमोरी ने इस उप्लब्धि के लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी है

इसे हर वर्ष सदभावना दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर राज्य में सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सदभावना की प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी

शिवपूरी कलेक्टर अनुग्रह पी को खरगोन कलेक्टर बनाया गया है वहीं खरगोन कलेक्टर गोपाल चंद्र डार्ड को रतलाम कर्लेक्टर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है झाबुआ कलेक्टर प्रबल सिपाहा को लोक निर्माण विभाग में उप सचिव और निवाड़ी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह को शिवपुरी कलेक्टर बनाया गया है रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अपर आयक्त के रूप में स्थानांतरित किया गया है मंत्रालय में पदस्थ उप सचिव संजय कुमार को दतिया कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित किया गया है दतिया कलेक्टर रोहित सिंह को झाबुआ कलेक्टर और गृह विभाग के उप सचिव आशीष भार्गव को निवाड़ी कलेक्टर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है इसके अलावा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्यत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध संचालक विकास नरवाल को जल संसाधन विभाग में उप सचिव बनाया गया है राज्य मंत्रालय में उप सचिव अमित तोमर को कंपनी का नया प्रबंध संचालक बनाया गया है

उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है श्री सिंह महाकाल की शाही सवारी में ड्यूटी पर तैनात थे शाही सवारी में शामिल उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव इससे पहले संक्रमित पाये गये थे

खेल मंत्री खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कल भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में पूर्व ओलम्पियन शूटर अभिनव बिन्द्रा से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान वर्तमान में विश्व के खेलों की स्थिति खिलाड़ियों को पुनः प्रशिक्षण प्रारंभ करने के लिये प्रशिक्षकों की तैयारी सहित अन्य विषयों पर मंथन किया श्री बिन्द्रा ने कहा कि कोरोना महामारी का असर विश्व में खेलों पर भी छाया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निर्धारित प्रतिस्पर्धाओं को इस वर्ष नहीं आयोजित करने का निर्णय लिया गया है खिलाड़ियों के लिये यह एक कठिन समय है श्री बिन्द्रा ने कहा कि इस दौर में प्रशिक्षकों को खिलाड़ियों की मेंटल साइकॉलाजी को समझकर प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करना होगी उन्होंने खिलाड़ियों को मेंटल स्ट्रेंथ के ऑनलाइन कोर्स तथा प्रेरणादायक डाक्यूमेंटरी देखने की सलाह दी

जिसमें नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में संभावित हालात से निपटने पर चर्चा की गई जबलपुर कलेक्टर ने जिले के लोगों से आगामी त्यौहारों के दौरान सार्वजनिक कार्यकमों का आयोजन न करने की अपील की गुना सांसद केपी यादव ने कल शिवपूरी में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सूक्ष्म एवं लघ् उद्योग की भूमिका पर अधिकारियों के साथ चर्चा की सागर जिले के राहतगढ़ स्थित वॉटरफॉल इको टूरिज्म स्पाट के रूप में विकसित किया जायेगा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कल यहां भ्रमण के दौरान यह बात कही